मुख्य सचिव अजय सिंह ने राज्य में मनरेगा के तहत कराए जा रहे विभिन्न स्वीकृत कार्यो को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए अटल विकास यात्रा अटल विकास यात्रा के दूसरे चरण के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने आज बिलासपुर जशपुर बलौदाबाजार और रायपुर जिले का दौरा किया जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड में मुख्यमंत्री ने लगभग एक सौ बाईस करोड़ रूपए की लागत के तीन सौ पैंतालीस विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन किया डॉक्टर सिंह ने इस अवसर पर राज्य शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में लगभग सैंतालीस हजार हितग्राहियों को सोलह करोड़ इक्कीस लाख रूपए की सामाग्री और सहायता राशि के चेक वितरित किए साथ ही मुख्यमंत्री ने तेंद्रपत्ता संग्राहकों को पन्द्रह करोड़ अठहत्तर लाख रूपए का तेंद्रपत्ता बोनस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पांच हजार से अधिक महिलाओं को रसोई गैस सिलेण्डर और चूल्हे वितरित किए वहीं रायपुर जिले के खरोरा तिल्दा में मुख्यमंत्री ने तीन सौ सत्ताईस करोड़ रूपए की लागत से बनी सिमगा आरंग और रायपुर भैंसा डबल लेन सड़कों का लोकार्पण किया यहां जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी के दिन ही किसानों के खातों में बोनस राशि जमा हो जाएगी उन्होंने कहा कि इस साल एक नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी और किसानों को बोनस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा उच्चतम न्यायालय समलैंगिक फैसला उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध करार देने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा तीन सौ सतहत्तर के दंडात्मक प्रावधान को आंशिक रूप से हटा दिया है न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी है कि एक सौ अंठावन साल पुराने औपनिवेशिक कानून के कुछ अंश दंडात्मक प्रावधान के तहत नहीं आते हैं प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा तीन सौ सतहत्तर के उन अंशों को तर्कहीन बताया जिनके तहत सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंधों को अनुचित ठहराया गया है संविधान पीठ में न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा शामिल हैं पीठ ने धारा तीन सौ सतहत्तर को यह कहते हुए हटा दिया कि इससे समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है जन धन योजना केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शर्तों को और उदार बनाने तथा इसके तहत बैंक खाता खोलने और इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है कल शाम नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट की सुविधा दोगुनी करते हुए पांच हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दी गई है उन्होंने कहा कि इस योजना में ओवरड्राफ्ट की सुविधा पाने के लिए आयु सीमा अट्ठारह से साठ वर्ष की जगह अट्ठारह से पैंसठ वर्ष कर दी गई है नये रूपे कार्ड धारकों के लिए दर्घटना बीमा कवर एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है

वहीं जगदलपुर में आठ और दंतेवाड़ा में एक इनामी माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है आत्मसपर्मण करने वाली एक महिला माओवादी पर आठ लाख रूपए का इनाम घोषित था इस महिला माओवादी का नाम मड़कामी गंगा है और आरोप है कि वह झीरम घाटी हमले में शामिल थी मिली जानकारी के अनुसार जगदलपुर में भी चार महिला सहित आठ माओवादियों ने बस्तर आईजी विवेकानंद सिन्हा के सामने आत्मसमर्पण किया है इनमें एक जनमिलिशिया का सदस्य है जिस पर एक लाख रूपए का इनाम घोषित था ये सभी इनामी माओवादी दरभा डिवीजन मर्दापाल इलाके में सक्रिय थे इन पर कई वारदातों में शामिल होने का आरोप है इसी जिले में बीती रात किरंदुल थाने इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हई मुठभेड़ में कई माओवादियों के घायल होने की खबर है पुलिस ने एक घायल माओवादी को गिरफ्तार किया है यह मुठभेड़ मड़कमीरास समलवार की पहाड़ी में उस वक्त हुई जब सुरक्षा बल सर्चिंग पर निकले हुए थे

उन्होंने कार्य कर रहे मजदूरों की नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चत करने के भी निर्देश दिये है मंत्रालय में आज मुख्य सचिव श्री सिंह की अध्यक्षता में मनरेगा की राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक हुई बैठक में योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने नदी पुनरूद्वार परियोजना के अंतर्गत मृतप्राय या मृत नदियों के पुनरूद्वार करने के लिए जल्द ही कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिये हैं साथ ही अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा जल संरचनाओं के कार्य कराने को भी कहा है बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिए अड़तीस लाख उनचास हजार परिवारों का पंजीयन मजदूरी के लिये किया गया है जिसमें से पिछले पांच माहों में लगभग अट्ठारह लाख परिवारों को रोजगार दिया गया है इसमें लगभग चौसठ हजार परिवारों को सौ दिन से अधिक का और सत्तर हजार परिवारों को सौ दिन का रोजगार मिल चुका है भारत बंद अनुसूचित जाति और जनजाति विधेयक में किए गए संशोधन के विरोध में आज सवर्ण संगठनों द्वारा भारत बंद का आहवान किया गया था

राजधानी रायपुर में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एसटी एससी एक्ट में संशोधन के विरोध में दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया

लिपिक कर्मचारी हड़ताल प्रदेश के शासकीय लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से बातचीत विफल होने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का एलान किया है आज बिलासपुर में कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री रोहित तिवारी और अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की मुलाकात के बाद कर्मचारी संघ ने यह निर्णय लिया है गौरतलब है कि प्रदेश के कर्मचारी संघ ने राजस्थान सरकार के अनुरूप लिपिकों का वेतन ग्रेड बढ़ाने की मांग की है इसके अलावा कर्मचारी संघ का कहना है कि राज्य सरकार ने चार स्तरीय वेतनमान देने के घोषणा की थी लेकिन अभी तक तीन स्तरीय वेतनमान का आदेश ही जारी हुआ है